राज्य में आज से कोरोना मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से भी शुरू हो गया है रांची स्थित रिम्स में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्लाज्मा थेरेपी सेंटर का उदघाटन किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब राज्य में भी कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज इस थेरेपी से हो सकेगा श्री सोरेन ने कहा कि रिम्स के बाद अन्य मेडिकल कॉलेजों में इसकी शुरूआत होगी

राज्य में कोरोना संकमण का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है हालांकि उपचार के बाद बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं अब तक तीन हजार आठ सौ पांच कोरोना संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं जबकि चार हजार नौ सौ इकसठ मरीजों का उपचार अभी भी कोविड केयर सेंटरों में चल रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या साढे नौ लाख को पार कर गई है इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब चौंसठ दशमलव दो तीन प्रतिशत हो गयी है वहीं कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर दो दशमलव दो पांच प्रतिशत रह गई है पिछले चौबीस घंटे में पैंतीस हजार एक सौ पचहत्तर मरीज ठीक हुए हैं अब तक क्ल नौ लाख बावन हजार सात सौ तैंतालीस रोगी स्वस्थ हुए हैं पिछले चौबीस घंटे में देश में कुल सैंतालीस हजार सात सौ तीन लोग संक्रमित हुए

इनमें से चार लाख छियानबे हजार नौ सौ अटठासी का इलाज चल रहा है

इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के एक अधिकारी ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटे में विभिन्न प्रयोगशालाओं में रिकॉर्ड पांच लाख अट्ठाइस हजार बयासी नमूनों की जांच की गई यह लगातार द्रसरा दिन है जब पांच लाख से अधिक नमनों की जांच हुई है

यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है जी बी पंत अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर संजय पांडे चर्चा में भाग लेंगे

उन्होंने कहा कि कोरोना से मृत्यू दर घटकर दो दशमलव दो पांच प्रतिशत रह गई है और ज्यादातर रोगी ऐसे हैं जिनमें कोविड के लक्षण नही हैं

इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से विकसित किया गया है इस ऐप से ऐसे लोगों में संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा जिनमें कोविड के लक्षण नहीं होंगे

जब कोई व्यक्ति मोबाइल फोन के सामने वाले कैमरे पर पांच मिनट तक अपनी उंगली रखता है तो यह ऐप उसकी नाड़ी और रक्त नालियों में खून की मात्रा जैसे संकेतों के आंकड़े एकत्र करता है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

राज्य के आठ जिलों में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आयोजित एक डिजिटल कार्यक्रम के जरिये प्रदेश के भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने उनसे गठबंधन सरकार को हटाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का आह्वान किया उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नक्सलवाद का खतरा जो लगभग खत्म हो गया था फिर से उभरने लगा है

इस अवसर पर उन्होंने बाघों के बारे में एक पोस्टर भी जारी किया

केन्द्र सरकार विभिन्न प्लेटफार्म्स पर जनजातीय लोगों के उत्पादों की बिक्री के लिए डिजिटाइजेशन अभियान को बढ़ावा दे रही है

इस कदम से जनजातीय लोगों को फायदा होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट और अमेजॉन फ्लिपकार्ट और जेम जैसे अन्य ई कामर्स मंचों के जरिए इन वस्तुओं की बिक्री के लिए भी एक योजना तैयार की है

आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने रूपे प्लेटफार्म पर अपना नया साझा ब्रांड वाला कांटेक्टलैस क्रेडिट कार्ड जारी किया है रेलमंत्री पीयूष गोयल ने आज यह नया कार्ड राष्ट्र को समर्पित किया

राज्य के अलग अलग जिलों में आज हए चार सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत हो गयी पलामू जिले के लेस्लीगंज थानाक्षेत्र के अधमनिया गांव में हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला और उनके दो पुत्रों की मौत हो गयी मृतक के परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में हई एक सड़क द्वर्घटना में एक महिला मजदूर की मौत हो गयी रामगढ जिले में भी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तैंतीस पर मांड थानाक्षेत्र में एक मालवाहक टेम्पो और बस में हई टक्कर में टेम्पो चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी खूंटी जिले के तोरपा में भी एक बड़ा वाहन आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारते हए एक घर में जा घूसा हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सुचना नहीं है राजधानी रांची समेत राज्यभर में मॉनसून सक्रिय है राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज भी झमाझम बारिश हई गढवा जिले में भारी बारिश के बीच दो गांवों में वज्रपात की घटनायें भी हई इसमें दो लोगों की मौत हो गयी

इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि कल भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्पात हो सकता है

त्यौहार के दौरान सौहार्द और भाईचारा बनाये रखने का संकल्प लिया गया हजारीबाग के कोनार पुल के समीप अवस्थित मुक्तिधाम में आज स्थानीय लोगों के विरोध के बीच तीन कोरोना संक्रमितों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया इस दौरान स्थानीय लोगों ने रांची पटना राजमार्ग संख्या तैंतीस को कई घंटों तक जाम रखा साहेबगंज जिले में आज चौदह नये कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है